मुख्यमंत्री ने ई विधान प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप से पढ़ा बजट

बजट में किसी प्रकार के नए कर नहीं लगाए गए हैं

बजट में आय के संसाधन जुटाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है ऐसे में यह तय है कि अगले साल भी प्रदेश सरकार ऋणों पर निर्भर होगी

बजट में प्रमुख तौर पर आठ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इनमें गरीब और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर घर बनाने का अभियान शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान प्रदेश में पर्यटन विस्तार के लिए कनेक्टिविटी पर फोक्स बच्चों में कुपोषण खत्म करने का निश्चय किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि बागवानी और ग्रामीण विकास व रोजगार सृजन के लिए आधारभूत ढांचा सड़कों ऊर्जा क्षेत्र परिवहन और निवेश पर बल शामिल है

मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार अगले तीन सालों में सभी पात्र गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के लिए मकान उपलब्ध करवाएगी

इस योजना के तहत सरकार इन विद्यार्थियों को एक एक लाख रूपए का अनुदान देगी

उन्होंने अगले वित्त वर्ष के दौरान तत्तापानी से सलापड़ के बीच बोट सेवा शुरू करने सोलंग वैली और अटल सुरंग को नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने तथा मंडी के बगलामुखी और नारकंडा से हाटू मंदिर के बीच रोपवे निर्माण शुरू करने की भी घोषणा की

जयराम ठाक्र ने दूध का खरीद मूल्य दो रूपए बढ़ाने की घोषणा की

जयराम ठाकुर ने सिलाई अध्यापकों मिड डे मील वर्कर जल वाहक आशा कार्यकर्ता जल गार्ड पैरा फिटर पंप ऑपरेटर पंचायत चौकीदार आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका और राजस्व पार्ट टाइम के मानदेय में बढ़ोतरी करने और इन्हें बीमा योजना के तहत लाने की भी घोषणा की

मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों निगमों बोर्डो विश्वविद्यालयों और स्वायत निकायों के नियमित अंशकालीन अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों की व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना के बीमा कवर को दो लाख रूपए से बढ़ाकर पांच लाख रूपए करने की भी घोषणा की

उन्होंने मौजूदा सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा बजट पेश किया

ऐसा करते हुए वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने डिजीटल तकनीक की मदद से बजट प्रस्तुत किया बजट पेश करने के बाद विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने नए बजट में उन क्षेत्रों पर जोर दिया है जहां ज्यादा काम करने की जुरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार का फोक्स अब जहां क्वालिटी एजुकेशन की तरफ है वहीं क्वालिटी हाउस और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी पर है साथ ही सरकार ने कुपोषण की समस्या पर भी ध्यान दिया है

जयराम ठाक्र ने कहा कि मौजूदा वर्ष हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस का स्वर्ण जयंती वर्ष है जिसे मनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है प्रतिक्रिया भाजपा मंत्रिमण्डल की सदस्यों सहित प्रदेश भाजपा ने जहां मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना की है वहीं कांग्रेस ने बजट को गुमराह करने वाला करार दिया है जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर सहित अन्य मंत्रियों ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इसमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना साफ झलकती है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि बजट प्रदेश के विकास को नई उड़ान देगा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा महासचिव त्रिलोक जम्वाल और त्रिलोक कपूर ने भी बजट को ऐतिहासिक बताया प्रतिक्रिया कांग्रेस विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आज विधानसभा में पेश बजट में न दृष्टिकोण है न ही कोई दिशा उन्होंने कहा कि बजट महज आंकड़ों का मायाजाल है अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि बजट दस्तावेज में फरेब किया गया है क्योंकि सरकार पूरी तरह से कर्जों पर आश्रित है और कर्जो का ही जिक्र बजट दस्तावेजों से गायब कर दिया गया है

उन्होंने बजट को केवल औपचारिकता करार दिया पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आम बजट पर निराशा जताते हुए कहा है कि बजट में देश व प्रदेश की आर्थिक मंदी का साफ असर दिख रहा है उन्होंने बजट को जल्दबाजी में बनाया गया दिशाहीन दस्तावेज बताया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बजट को आंकडों का मायाजाल बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है